राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सभी सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग देने और जनहित के मुददों पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया है महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने जल संरक्षण के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई के प्रदेश व्यापी अभियान का आज मंडी ज़िले के धर्मपुर से शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों के रख रखाव व स्वच्छता पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में जल संकट से बचा जा सकता है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण व रख रखाव के लिए जन भागीदारी ज़रूरी है ताकि इन्हें लंबे समय तक जीवंत रखा जा सके उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेशभर में लोगों को प्राकृतिक जल स्रोतों की स्वच्छता व संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा इस दौरान कोट टीहरा और तनिहार सहित विभिन्न स्थानों पर बावड़ियों की साफ सफाई भी की गई

नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की

यह प्रसारण आकाशवाणी द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे आकाशवाणी की वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन तथा न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट इन पर भी सुना जा सकता है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बरनोह डंगेड़ा में एक बड़े पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा बंगाणा में कृषक बकरी पालन परियोजना के तहत किसानों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करने के बाद आज उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के सभी खंड स्तरीय पशु चिकित्सालयों में आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने पर बल दिया जा रहा है उन्होंने किसानों से छोटे छोटे फार्म बनाकर पशुपालन को अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल नाहन में एक समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता व समयबद्वता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए क्विज प्रतियोगिता रक्षा मंत्रालय ने युवाओं के बीच देशभक्ति के संचार के लिए करगिल युद्ध पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की है

अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना बेहद ज़रूरी है एक बयान में उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कक्कड़ से बाकर खड्ड तक सड़क और ढमियाना बनाल में पुल के लिए नाबार्ड से धनराशि मंजूर की जा चुकी है अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे और सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देना अपनी प्राथमिकता बताया है

ज़िला उपायुक्त व मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक भाटिया ने बताया है कि इस बार मिंजर मेले की थीम नया चंबा रखी गई है

विवेक भाटिया ने कहा कि मेले में सांस्कृतिक संध्याओं सहित खेलों का आयोजन भी किया जाएगा